भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाक्र ने गोडसे मामले में मांगी माफी

बापू की प्रदेश यात्राओं पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला मध्यप्रदेश में महात्मा के आठवें अंक में कल सुनिये बापू के सिवनी प्रवास के संस्मरण मध्यप्रदेश सेना प्रमुख भारतीय सेना ने लम्बी दूरी तक मार करने वाली टैंक भेदी दो स्पाइक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और अन्य कमांडर प्रदेश के मऊ में इस परीक्षण के दौरान मौजूद थे इन मिसाइलों को हाल ही में खरीदा गया है हमारे इंदौर संवाददाता ने बताया कि इससे सेना की क्षमता और बढ़ेगी

उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से किसी भी प्रकार से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं हालांकि प्रज्ञा ठाक्र ने यह भी कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया साथ ही उन्हें आतंकवादी कहा गया है जो गलत है क्योंकि अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं पाया गया है वहीं प्रज्ञा ठाकुर की माफी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि उनके बयान को सुनकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई आत्मग्लानि है प्रहलाद सिंह केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कल सागर के डॉ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविदयालय के भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के नवीन संग्रहालय भवन का भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे

इसके बाद वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री जीत् पटवारी ने घोषणा की है कि भोपाल के शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में अगले शिक्षा सत्र में दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा श्री पटवारी आज महाविद्यालय में राज्य स्तरीय पुरूष कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रहे थे प्रतियोगिता में रीवा सागर इंदौर उज्जैन ग्वालियर और भोपाल संभाग की टीमें भाग ले रही हैं राज्यसभा रेलगाड़ियां रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में पिछले ढ़ाई साल में रेलगाड़ियों का सफर सबसे सुरक्षित रहा है क्योंकि इस दौरान काफी कम हादसे हुए हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री गोयल ने बताया कि रेलवे की सुरक्षा ढांचागत विकास और समय की पाबन्दी सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों की गति पर नजर रखने के लिए नई प्रणाली भी शुरू की गई है जिससे उनकी पल पल की जानकारी मिल सकती है गोपाल भार्गव प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में किसान यूरिया को लेकर परेशान हो रहे हैं श्री भार्गव ने अपने ट्वीट में कहा कांग्रेस और कालाबाजारी एक सिक्के के दो पहलू है कांग्रेस के राज में फिर से प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो गयी है यूरिया के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को कभी भी खाद बीज और यूरिया के लिए असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन कांग्रेस सरकार में यूरिया की कालाबाजारी और खाद के बदले किसानों को लाठी मिलना आम बात है

इस दौरान इस योजना के लाभ से वंचित रह गई महिलाओं का पंजीयन किया जायेगा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने आकाशवाणी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में बताया कि सप्ताह के दौरान अन्य गतविधियों का आयोजन भी होगा

श्रीमती इमरती देवी ने बताया है कि सोलर पैनल ऐसे आँगनवाड़ी केन्द्रों में लगाये जाएंगे जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है या बिजली की व्यवस्था करने पर लागत बहुत ज्यादा आती है

पुलिस चौकी शहडोल जोन के आईजी एसपी सिंह ने उमरिया में आज कहा कि अपराध मे कमी और अंकुश लगाने का कार्य पुलिस नागरिकों के सहयोग से करती है उमरिया में पुलिस चौकी की आधारशिला रखने और नई पुलिस चौकी का शुभारंभ के दौरान उन्होंने यह बात कही श्री सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि शहडोल संभाग में और नये थाने खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है

इसकी मुख्य वजह हवाओं का रूख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना माना जा रहा है हालाकि ंकश्मीर और हिमालय के क्षेत्र में बर्फबारी हुई लेकिन अभी तक ठंड नहीं बढ़ी है जब हवाओं का रूख उत्तर दिशा की ओर होगा तब प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने लगेगी ऐसे हालात अगामी सात दिनों के बाद बनने के आसार है उधर भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र भी अनुमान जताया है कि इस दफा पूरे देश में अन्य बीते वर्षो के मुकाबले कम ठंड पडेगी

इस अभियान का प्रचार प्रसार सारथी रथ द्वारा ग्रामीण स्तर पर करवाया जा रहा है

वहीं अशोकनगर जिले की जनपद पंचायत ईसागढ के ग्राम पंचायत मामोन में भी कल शिविर आयोजित होगा